मुख्यमंत्री ने आज शिमला में एनसीसी मुख्यालय के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर और डिप्टी ग्रुप कमांडेंट कर्नल सुरेश भैक के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही मुख्यमंत्री ने आम लोगों में मास्क वितरित करने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने में बेहतरीन कार्य के लिए एनसीसी कैडेटस की सराहना की इस अवसर पर ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में जरूरतमंद लोगों और प्रशासन की सहायता के लिए करीब एक हजार दो सौ एनसीसी कैडेटस तैनात किए गए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि वापिस लाए गए सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें होम क्वारंटीन में रखा जाएगा जयराम ठाकुर ने बाहरी राज्यों से वापिस आने वाले लोगों से सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और होम क्वारंटीन में रहने की अपील की है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रदेशवासियों की हर संभव सहायता कर रही है

उन्होंने कहा कि दुनियाभर के लोगों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी पुष्टि की है और देश में सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला है हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए उपायों से देश को तीसरे स्तर के संक्रमण से बचा लिया गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार की प्रतिदिन एक लाख सैंपल जांच करने की योजना है जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से जरूरतमंद लोगों के लिए राहत सामग्री के तीन ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया समाज सेवी व धार्मिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा दी गई इस राहत सामग्री के लिए मुख्यमंत्री ने संस्था के स्थापक श्री श्री रविशंकर का आभार जताया है इनमें से दो ट्रक मंडी जबकि एक ट्रक शिमला जिला के लिए रवाना किया गया है ट्रस्ट कोरोना संकट के इस दौर में प्रदेश में अनेक समाजसेवी संस्थाएं व संगठन गरीबों और जरूरतमंदों की मद्द के लिए आगे आए हैं इसी कड़ी में कुल्लू जिला का कुंज लाल दमोदरी ठाकुर मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट भी कोरोना योद्वा के रूप में उभरा है

चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी रजनी ठाकुर ने कहा कि कुल्लू जिला में कोरोना संकट के दौरान मास्क बनाने का काम निरंतर जारी रहेगा और जिले में पर्याप्त मास्क की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी सब्सिडी खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश के सभी एपीएल उपभोक्ताओं से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों पर मिलने वाली सब्सिडी को स्वेच्छा से छोड़ने का आग्रह किया है ताकि इस का लाभ पिछड़े व गरीब वर्ग को मिल सकें विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए विभाग की वेबसाईट से फार्म डाउनलोड किया जा सकता है